प्रधानमंत्री ने झारखण्ड में भीड द्वारा एक युवक की हत्या किए जाने को दुखद और शर्मनाक बताते हुए कहा कि दोषियों को कडी सजा मिले लेकिन इसे लेकर पूरे राज्य को गलत बताना अनुचित है बिहार में बच्चों की इन्सैफेलाइटिस के कारण मौत की घटनाओं का जिक करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हम सभी के लिए दुख और शर्म की बात है

प्रधानमंत्री के जवाब के बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के सभी संशोधनों को खारिज करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया

इस सत्र में बजट भी पेष किया जाएगा सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोषी ने आज विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई बैठक में सदन की कार्यवाही नियमों के साथ शांतिपूर्णक तरीके के साथ चलाने संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री अषोक गहलोत संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ मुख्य सचेतक महेश जोशी समेत अन्य दलों के विधायक मौजूद रहे बैठक के बाद मुख्य संचेतक महेश जोशी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के समय का सद्पर्योग करने पर जोर दिया

इसलिए सभी की जिम्मेदारी है कि पानी का द्रूपयोग नहीं हो

यह कार्यकम राज्य के सभी आकाशवाणी केन्द्रों विविध भारती स्टेशन और एफएम केन्द्रों से सुना जा सकेगा

आरोपी महिपाल जाटव परिवादी से कृषि कनेक्षन को दूसरे खेत में हस्तांतरित करने की एवज में एक लाख रूपए मांग रहा था ब्यूरो ने षिकायत का सत्यापन कर आज कार्रवाईी की और आरोपी को गिरफतार कर लिया उधर झालावाड में ब्यूरो की एक अन्य टीम ने आंगनवाडी कार्यकर्ता से आठ हजार रूपए की रिष्वत लेते महिला पर्यवेक्षक कैलाष बाई टेलर को रंगे हाथ पकड़ लिया

सर्वेक्षण में लोगों को उपलब्ध पानी उनके रहन सहन की स्थिति आसपास साफ सफाई की सुविधा शौचालय सुलभता कूड़े कचरे का निस्तारण जलमल की निकासी जैसे बिंदुओं पर सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी सर्वेक्षण केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कियान्वयन मंत्रालय की ओर से संचालित किया जाएगा

मिस इंडिया का ग्रामीणों ने स्वागत किया ै

उदयपुर में शहर में कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की फुल्की बारिश हुई वहीं आसपास के इलाकों में धूप छांव का दौर चलता रहा पाली में कहीं कहीं बूंदाबांधी हुई राजसमंद में बादलों की लुकाछिपी चली लेकिन बारिश नहीं हुई